कर्नाटक कर्नाटक में जनता दल सेक्यूलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रही इसके साथ ही राज्य में लगभग तीन सप्ताह से चल रहा राजनीतिक संकट समाप्त हो गया

जिसके बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने पद से इस्तीफा दे दिया बताया जा रहा है कि भाजपा गठबंधन सरकार गिरने के बाद राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में भाजपा की राजनीतिक खरीद फरोख्त से राजनीतिक शुचिता और बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों की हार हुई है कांग्रेस माहासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि कर्नाटक में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार गिराने की कार्रवाई खुल्लम खुल्ला राजनीतिक खरीद फरोख्त का उदाहरण है जो देश में पहले कभी नहीं हुई

विधेयक को अब मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा

व्यापम निगरानी राज्य शासन ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापमं की कार्य प्रणाली और उसके विकल्पों की समीक्षा के लिए मंत्रि परिषद समिति का गठन किया है समिति एक महीने में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी समिति में मंत्री बाला बच्चन तुलसीराम सिलावट प्रियव्रत सिंह पीसी शर्मा और तरूण भनोत सदस्य बनाये गये हैं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समिति के संयोजक होंगे यह समिति बोर्ड की वर्तमान कार्य प्रणाली बोर्ड द्वारा संचालित कार्यो के निष्पादन के लिए संभावित विकल्प और कोई अन्य विषय जो बोर्ड के कार्यों से संबंधित हों पर विचार करेगी

गांव के शासकीय स्कूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थाई कैंप लगाया गया है कैंप में लगातार मरीजो का उपचार कर दवाईया और ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे है दूषित पानी डायरिया की वजह माना जा रहा है पीएचई की टीम ने पानी के सैपल ले लिये है आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि गांव में नालियों के पास पाईप लाईन होने और गांव मे जिस कुँऐ से पानी सप्लाई होता है उसमे नाले का पानी आने की सम्भावना प्रकोप फैलने की व्यक्त की जा रही है

देर रात एसटीएफ ने मुरैना जिले के अंबाह से वनखंडेश्वर डेयरी के संचालक देवेन्द्र गुर्जर और लैब टेक्नीशियन अजय माहौर को गिरफतार किया है इन्हें आज मुरैना न्यायालय में पेश किया जायेगा

इन फर्मो में वनखंडेश्वरी डेयरी भी शामिल थी वहीं भिंड प्रवास के दौरान कल नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि नकली दूध मावा कारोबारियों का राज्य के बाहर फैले नेटवर्क को भी खत्म किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसी रणनीति के तहत एसटीएफ को कार्यवाही के लिए फ्रीहैड दिया गया है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मामले पर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं कल ट्वीट संदेश के जरिए उन्होंने कहा था कि इस गंभीर और अवैध व्यापार से जुड़े लोगों को बक्शा नहीं जायेगा इस मामले में वे स्वयं मॉनीटरिंग कर रहे हैं कल विधानसभा में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी थी मंत्री प्रदुम्मन सिंह तोमर ने सिंथैटिक दूध के मामले को सदन में उठाया था खेल विकास खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो अपनी निजी अकादमी अथवा खेल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना चाहते हैं उन्हें साधारण शुल्क पर खेल मैदान और परिसर उपलब्ध करवाये जायेंगे श्री पटवारी ने कहा कि खेलों के विकास में निजी पब्लिक सेक्टर जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों का सहयोग आवश्यक है इसके तहत अब पीपीपी मोड से भी खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना का निर्माण एवं विकास किया जायेगा पीपीपी योजना में भोपाल इंदौर जबलपुर एवं ग्वालियर में भूमि चिन्हित की गई है

भवन में पंखे एसी कूलर कम्प्यूटर फोटोकॉपी आदि सारे काम भी इसी ऊर्जा से होंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार नये कलेक्ट्रेट भवन में ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर पैनल लगाए गए हैं ये बिजली पर होने वाले खर्च को तो कम करेंगे साथ ही पर्यावरण सरंक्षण में भी फायदेमंद होंगे

हालांकि इस भवन में बिजली भी रहेगी लेकिन उसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही होगा शिल्प मेला ग्वालियर में आज से सावन शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है

इस मेले में राज्य के उत्कृष्ट शिल्पियों एवं बुनकरों की सामग्री का प्रदर्शन किया जायेगा

राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के समाचार मिलते रहे हैं लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल तो घिरे रहे लेकिन बारिश नहीं हई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद ठीक रफ्तार से पूरे देश पर छा रहा था लेकिन हिमालय की तराई की ओर एक द्रोणिका बन जाने से मानसून हिमालय की तराई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा जिसके कारण प्रदेश में अभी तक अच्छी वर्षा नहीं हो पाई है मौसम केन्द्र का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात और हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है

लगभग पूरे प्रदेश में आसमान आंशिक मेघमय रहा कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी भी दर्ज की गई बारिश की लम्बी खेंच से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं और फसलों को वक्त पर पानी नहीं मिल पा रहा है साथ ही मौसमी बीमरियां बढ़ने से आम जन भी प्रभावित हो रहे हैं